इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आयोजन में इंडियन नेशनल आर्मी के लालती राम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भतीजे चंद्र कुमार बोस संस्कृति मंत्री महेश शर्मा और ब्रिगेडियर आरएस चिक्करा तथा अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आजाद हिंद सरकार केवल नाम की सरकार नहीं थी बल्कि नेताजी के नेतृत्व में इस सरकार ने समी क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रमों का सुजन किया था उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का एक मात्र उद्देश्य था भारत की आजादी आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नेताजी ने एलान किया था कि इसी लालकिले पर एक दिन पूरी शान से तिरंगा लहराया जाएगा आजाद हिंद सरकार अखंड भारत की सरकार थी अविमाजित भारत की सरकार थी

श्री मोदी ने कहा कि देश की सैन्य शक्ति हमेशा से आत्म रक्षा के लिए थी और रहेगी लेकिन अगर भारत की संप्रभुता को किसी प्रकार की चुनौती मिलती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जायेगा जोश जुनून और जज्बा ये तो हमारी सैन्य परंपरा का हिस्सा रहा ही है अब तकनीक और आध्निक हथियारी शाक्ति भी उसके साथ जोड़ी जा रही है हमारी सैन्य ताकत हमेशा आत्मरक्षा के लिए ही रही है और आगे भी रहेगी हमें कभी किसी दूसरे की भूमि का लालच नहीं रहा हमारा सादियों से इतिहास रहा है लेकिन भारत की संप्रभुता के लिए जो भी चुनौती बनेगा उसको दोगुनी ताकत से जवाब मिलेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज पुलिस स्मृति दिवस पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया यह स्मारक आजादी के बाद से पुलिसकर्मियों के सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में बनाया गया है श्री मोदी ने शहीद पुलिसकर्मियों की स्मृति में श्रद्वा सुमन अर्पित किए गृहमंत्री राजनाथ सिंह वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू और हंस राज अहीर गृहसचिव राजीव गाबा और केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों के प्रमुखों ने भी शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सजग पुलिसबलों ने भय और असुरक्षा का माहौल फैलाने की साजिश करने वालों को विफल कर दिया है यह आप सभी के सजगता का ही परिणाम है कि देश को अशांत करने वाले तत्वों को निराशा हाथ लगती है देश में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा करने की अनेक साजिशों को आप नाकाम किया ऐसी साजिशें जिनकी जानकारी भी बाहर नहीं आ पाती ऐसी दिलेरी जिस पर सार्वजनिक तौर पर कभी आपको प्रशंसा तक नहीं मिलती शांति से गुजरने वाला देश का प्रत्येक पल देशवासियों का प्रत्येक पल आपके इसी कर्तव्यभाव सेवाभाव से ही संभव है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दिन हर उस जवान को याद किया जाता है जो जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था और शांति बनाये रखने में मदद कर रहा है तथा आतंकवाद से लड़ रहा है नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात जवानों को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन जवानों के कारण ही नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कम होती जा रही है और युवा मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री ने आपदा राहत में सराहनीय योगदान के लिए पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के लिए नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पुलिस संग्रहालय भी राष्ट्र को समर्पित किया

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार शहीदों के परिवारों के साथ है और उनके हित में सभी आवश्यक कदम उठा रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल की कमी को दूर करने तथा कार्यक्शलता बढ़ाने के लिए भर्तियों में तेजी लाने का कार्य कर रही है उन्होंने बताया कि वर्ष दो हजार उन्नीस के अन्त तक आरक्षी स्तर पर लगभग सवा लाख आरक्षियों की भर्ती पूर्ण होने से पुलिस बल में आरक्षियों की कमी लगभग समाप्त हो जायेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने एवं उनकी कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा समयबद्व प्रोन्नतियों पर विशेष बल दिया गया है